मोतिहारी में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा कृषि कुंभ आज से हो रहा है शुरू

प्रदेश में अभियंताओं की हड़ताल समाप्त आज से लौटेंगे काम पर

केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालयों में विभागवार आरक्षण के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि तेरह अंकों वाली रोस्टर प्रणाली के आधार पर नियुक्तियों में अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग के प्रभावित होने की आशंका को देखते हये यह फैसला किया गया है श्री जावड़ेकर ने बताया कि सरकार जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर पुनर्विचार याचिका दायर करेगी यदि उच्चतम न्यायालय से राहत नहीं मिलती है तो सरकार अध्यादेश या विधेयक लाने के विकल्प पर विचार करेगी मोतिहारी में आज से तीन दिन का कृषि कुंभ आयोजित किया जा रहा है इसमें विभिन्न राज्यों के पंद्रह हजार से अधिक किसान और दो सौ कृषि वैज्ञानिक भाग लेंगे यह पूर्वोत्तर भारत में अब तक का सबसे बड़ा कृषि कुंभ है राज्यपाल लालजी टण्डन और कोन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह संयुक्त रूप से आयोजन का उद्घाटन करेंगे कृषि कुंभ का उद्देश्य किसानों की आय दोगुनी करने के लिए नई तकनीकों और कृषि विविधता को बढ़ावा देना है कृषि उद्योग के समक्ष चुनौतियों के समाधान पर भी व्यापक विचार विमर्श होगा प्रदेश के विभिन्न विभागों के अभियंताओं की हड़ताल खत्म हो गयी है बिहार अभियंत्रण सेवा संघ और राज्य के मुख्य सचिव के बीच हुयी वार्ता के बाद हड़ताल खत्म करने का फैसला किया गया इंजीनियर आज से काम पर लौट जायेंगे मुख्य सचिव ने अभियंताओं की अधिकांश मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है इसके क्रियान्वयन के लिये पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा को जिम्मेवारी सौंपी गयी आयकर विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सभी स्तर के राज्य सरकार के कर्मियों को हाउस रेंट एलाउंस पर टीडीएस जमा करने का निर्देश दिया है विभाग ने वैसे सरकारी कर्मियों की पहचान शुरू कर दी है जिनका हाउस रेंट एलाउंस ज्यादा है निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए मतदाताओं के नाम नये पंजीकरण और मतदाता पहचान पत्र में परिवर्तन के सत्यापन के लिए मतदाता प्रष्टि और सूचना कार्यक्रम शुरू किया है आयोग ने सभी जिलों में संपर्क केन्द्र भी गठित किए हैं जिसका मतदाता हेल्प लाईन नम्बर है एक नौ पांच शून्य है इस नम्बर पर संपर्क कर लोग मतदाता सूची से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं लोकसभा चूनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज एक दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं श्री सिंह पटना में पार्टी के एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे इसके बाद वे समस्तीपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं और शक्ति केंद्र प्रभारियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे इस कार्यक्रम में उजियारपुर समस्तीपुर बेगूसराय और खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता शामिल होंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान और नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल को ढाई ढाई हजार बेड वाले अस्पताल के रूप में विकसित किया जायेगा श्री कुमार ने कहा कि पीएमसीएच को पांच हजार वाले बेड के अस्पताल के रूप में विकसित करने के लिये डीपीआर तैयार हो गया है मुख्यमंत्री पटना के राजेंद्र नगर अस्पताल में अति विशिष्ट नेत्र अस्पताल और राजवंशी नगर स्थित जय प्रकाश नारायण अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे प्रदेश के विश्वविद्यालयों के शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मियों को सातवां वेतनमान का लाभ देने के लिये गठित समिति ने शिक्षा विभाग को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है सूत्रों ने बताया कि जल्द ही विभाग यह रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा इसके बाद इन कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने पर अंतिम रूप से फैसला किया जायेगा नगर विकास विभाग ने छपरा पूर्णिया दरभंगा और मुंगेर को मास्टर प्लान में शामिल करने के लिये प्लानिंग एरिया को मंजूरी दे दी है जल्द ही अब इन शहरों का मास्टर प्लान तैयार किया जायेगा इन शहरों में किसी भी निर्माण के लिये अब नक्शा पास कराना अनिवार्य होगा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेशभर में पिछले चौबीस घंटों से रूक रूक कर बारिश हो रही है बारिश के कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से ठंड और कनकनी में बढ़ोतरी हुयी है पटना में सबसे अधिक दस मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी मौसम विभाग ने आज भी पश्चिम चंपारण सहित प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश और तेज आंधी की चेतावनी जारी की है वहीं कई स्थानों पर ओलावृष्टि और बिजली गिरने की भी आशंका है पटना सहित राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में सुबह से ही बादल छाये हुये हैं विभाग ने कहा है कि राज्य के कई जिलों में चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है जिस कारण अच्छी बारिश की संभावना है बारिश से रबी फसलों को फायदा हुआ है गेहूं के अलावा देर से बुआई की गयी सरसों चना और आलू की फसल के लिये यह बारिश लाभदायक है कृषि वैज्ञानिकों ने कहा है कि बारिश के बाद किसान गेहूं की फसल में यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं राज्य में स्वाइन फ्लू के एक मरीज की पहचान हुयी है पटना सिटी स्थित आरएमआरआई अस्पताल में अररिया के एक मरीज में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुयी है इसके मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार के निर्देश के बाद पीएमसीएच में दस बेडों का आईसोलेशन वार्ड बनाया गया है राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल की ओर से पटना के चिड़ियाघर को बर्ड फलू मुक्त क्षेत्र घोषित करने के बाद पशुपालन निदेशक द्वारा गठित टीम ने चिड़ियाखाना का निरीक्षण किया उम्मीद की जा रही है कि अब जल्द ही जैविक उद्यान को आम लोगों के लिये खोल दिया जायेगा इंटरमीडिएट परीक्षा के तीसरे दिन कदाचार के आरोप में चौहत्तर परीक्षार्थियों को निष्कासित किया गया है मधेपुरा में सबसे अधिक सोलह परीक्षार्थियों को निष्कासित किया गया है वहीं रोहतास नवादा और वैशाली में दूसरे की जगह परीक्षा देने के आरोप में एक एक अथ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया है सीतामढ़ी जिले को पुरूष नशबंदी के मामले में देशभर में पहला स्थान प्राप्त हुआ है चेन्नई में संपन्न कैडेट नेशनल ताइक्वांडों चैंपियनशिप में बिहार ने एक स्वर्ण के साथ चार पदक प्राप्त किये हैं इधर बिहार क्रिकेट एसोशिएसन के तत्वावधान में बिहार सीनियर महिला क्रिकेट टीम का कैंप ग्यारह फरवरी से पटना में आयोजित किया गया है इस लीग का पहला मैच बिहार बीस फरवरी को रेलवे के खिलाफ खेलेगा बिहार महिला टीम का नेतृत्व निशत फातिमा कर रही हैं अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां रफाल मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी आज के सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है हिन्दुस्तान ने लिखा है रफाल सौदे पर नये खुलासे से तकरार प्रभात खबर ने कांगेस अध्यक्ष राहुल गांधी और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के बयानों को प्रमुखता देते हुये लिखा है अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट से फिर गरमाया मुद्दा दैनिक जागरण की सुर्खी है बंगला नहीं बचा सके तेजस्वी सुप्रीम कोर्ट ने लगाया पचास हजार का जुर्माना अखबार की अन्य खबर है माया को झटका लौटाने पड़ सकते है मूर्ति पर खर्च दो हजार करोड़ दैनिक भास्कर लिखता है नौ आईपीएस अफसरों को नया जिम्मा सुनील कुमार पटना के आईजी राष्ट्रीय सहारा ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है महिलाओं की सुरक्षा के लिये उन्नीस फरवरी से हर मोबाइल में शुरू हो जायेगा पैनिक बटन आज लिखता है राज्य में बीस हजार पदों पर होगी बहाली

मोतिहारी में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा कृषि कुंभ आज से हो रहा है शुरू

प्रदेश में अभियंताओं की हड़ताल समाप्त आज से लौटेंगे काम पर